प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था में बदलाव का आधार कानून का शासन ही है उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय न्याायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कानून सर्वोच्च है और देशवासियों का न्यायपालिका में अट्रट विश्वास है भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सामाजिक संस्कारों का आधार है हमारे यहां कहा गया है कि क्षत्रीय क्षत्रम यत धर्मा यानि लॉ इज द किंग्स ऑफ किंग्सर लॉ इज सुप्रीम हजारों वर्षों से चले आ रहे ऐसे ही विचार एक बड़ी वजह है कि हर भारतीय की न्यायपालिका पर अगाध आस्था है प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश और समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई कानून खत्म किए हैं तो कई नये कानून भी बनाए हैं

समाज को मजबूती देने वाले नए कानून भी उतनी ही तेजी से बनाए हैं ट्रांसजेंडर पर्ससन के अधिकारों से जुड़ा कानून हो तीन तलाक के खिलाफ कानून हो या फिर दिव्यांगजनों के अधिकारों का दायरा बढ़ाने वाला कानून सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से काम किया श्री मोदी ने पर्यावरण संबंधी विधिशास्त्र को नये सिरे से परिभाषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने विकास और पर्यावरण के बोच संतुलन बनाये रखा है उन्होंने कहा कि एक समय था जब ऐसा कहा जाता था कि तेजो से विकास और पर्यावरण की सुरक्षा एक साथ नहीं हो सकती लेकिन भारत ने इस परिप्रेक्ष्य को बदल दिया है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

प्रधानमंत्री ने अयोध्या भूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फसले का जिक्र करते हुए कहा कि निर्णय आने से पहले बातचीत के कई दौर चले लेकिन लोगों ने शीर्ष अदालत के फैसले को दिल से स्वीकार किया है सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और लोकप्रियता दोनों का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन लोकप्रियता जब संवैधानिक जनादेश को प्रभावित करती है तो समस्या बन जाती है न्यायपालिका और बदलता विश्व के विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में प्रधान न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबड़े सहित कई जाने माने कानूनविदों ने विचार रखे अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मिलानिया ट्रंप के साथ भारत की दो दिन की यात्रा पर सोमवार को अहमदाबाद पहुंच रहे हैं वहां उनके भव्य स्वागत की तैयारिया चरम पर हैं राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक साथ रोड शो और मोटेरा स्टेडियम में जनसभा करेंगे नमस्ते ट्रंप जनसभा के लिये एक लाख से भी ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चूका है अमरीकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के साथ बारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी दो दिवसीय दौरे पर आ रहा है इस बीच वाशिंगटन में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों साझा कार्यनीतिक हितों और आपसी सम्पर्क पर आधारित हैं इसके अलावा अमरीकी राष्ट्रपति का यह दौरा दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच मजबूत और सतत रिश्तों का परिचायक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों को तकनीकी से दूरी बनाने के बजाय उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिये श्री योगी कल गोरखपुर में चिउटहा स्थित एसवीएम पब्लिक स्कूल में महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में बनाये गये सभागार का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ़ स्कूली पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहनी चाहिये बल्कि विद्यार्थियों को अन्य विषयों की जानकारी भी लेते रहना चाहिये श्री योगी ने कहा कि डिग्री हासिल करना छात्र छात्राओं के लिये ज़रूरी है लेकिन उन्हें देश और समाज के लिये भी समय निकाल कर काम करना चाहिये मुख्यमंत्री ने कहा कि महत अवैद्यनाथ जी पांच बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और उन्होंने गोरखपुर का चार बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी किया है उनके नाम से सभागार बनाना उनके प्रति श्रद्धांजलि है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर गतिविधियां तेज़ हो गई है इसी क्रम में श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय और दो अन्य सदस्यों ने आज श्रीराम जन्म भूमि परिसर में विराजमान रामलला स्थल का निरीक्षण किया निरीक्षण का उददेश्य राम मंदिर निर्माण की रूप रेखा तय करने और इससे पहले श्रीराम लला को सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिये सर्व सुलभ जगह पर स्थानान्तरित करने के बारे में विचार करना था इस दौरान इन ट्रस्टियों ने ट्रस्ट का खाता खोलने और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक भी की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

श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम या माई गॉव पर भी संदेश भेज सकते हैं

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने शिक्षकों से राज्य विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकन प्रतिशत बढाने का आहवान किया है श्रीमती पटेल आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्रीय केन्द्र के नवनिर्मित भवन क लोकापण अवसर पर लोगों को संबोधित कर रही थी उच्च शिक्षा में कम नामांकन प्रतिशत पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बारहवीं की शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में नामांकन प्रतिशत अभी राष्ट्रीय औसत से कम है इसे बढ़ाने के लिये मुक्त विश्वविद्यालय प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं जहां दाखिलों के लिये किसी तरह की सीमा और उम्र का बंधन नहीं है श्रीमती पटेल ने राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों की सराहना करते कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश के दूर दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों तक बारह सौ से अधिक अध्ययन केन्द्रों के जरिये राष्ट्रीय और सामाजिक जरूरत के अनुरूप एक सौ सोलह शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है यह विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय और वैश्विक विजन का परिचायक है इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वरनाथ सिंह शिक्षाविद और गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में करीब तीन हजार टन सोने के भंडार का पता लगाया है जिला खनन अधिकारी केके राय ने बताया कि सोने का यह भंडार सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्रों में मिला है

और ब्यौरा हमारे संवाददाता से भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार सोने की खानें सोनभद्र जनपद में सोन पहाड़ी और हरदी एरिया में पाई गई हैं यहां पर सोना खोजने के प्रयास लगभग दो दशक पूर्व शुरू किए गए थे विभागीय अधिकारियों के अन्सार खानों के ब्लॉकों की जल्दी ही ई टेंडरिंग शुरू की जाएगी इस क्षेत्र में सोने की खानों के अलावा अन्य खनिज भी पाए गए हैं प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सोना मिलना क्षेत्र के विकास के लिए एक शुभ संकेत है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

इस दौरान उन्होंने संडीला बालामऊ और हरदोई के कई परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर नकलविहीन परीक्षा के कई बिन्दुआ को जांचा

उप मुख्यमंत्री ने कक्ष निरीक्षण के काम में शिथिलता बरतने वाले शिक्षकों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी

उन्होंने कहा कि इस बार साढ़े तीन लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है यह तादाद पिछले वर्षो के मुकाबले बहुत कम है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय झांसी इकाई द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ज़िले के मऊरानीपूर क्षेत्र के बड़ा गांव में एक ग्रामीण कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में वक्ताओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत के लिये एक राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक अनेकता पर आधारित है उन्होंने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य प्रदशवासियों विभिन्न समुदायों और राज्यों के बीच सदियों पुराने रिश्तों को उजागर करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रदर्शित करना है इसके लिये जरूरी है कि विभिन्न राज्यों के नागरिकों के बीच भावनात्मक एकता के परम्परागत ताने बाने को न सिर्फ मजबूत किया जाये बल्कि लोगों को दूसरे राज्यों की संस्कृति से रू बरू कराया जाये कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया

समाप्त